उसी का परिणाम है कि विभिन्न बिंदुओं पर आयोग ने अपनी सहमति देते हुए राज्य के पक्ष में संस्तुतियां की हैं

इससे उत्तराखण्ड विकास के रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ेगा कोरोना वायरस दिल्ली सरकार ने देश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कार्यदल का गठन किया है इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विदेश मंत्री एस जयशंकर गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी शामिल हैं चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि हाथ साफ करने और खांसते समय टिश्यू पेपर या रूमाल जैसे आसान एहतियात बरत कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है इस बीच चीन की यात्रा न करने की सलाह का नया यात्रा परामर्श जारी किया गया है

चीन के पासपोर्ट धारकों के लिए ई वीजा सुविधा अस्थाई रूप से निलंबित कर दी गई है चीन से व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन वीजा आवेदन की सुविधा भी निलंबित कर दी गई है चीन के नागरिकों के लिए पहले जारी किए जा चुके वीजा अस्थाई रूप से वैध नहीं रहे अत्यधिक जरूरत पड़ने पर भारत यात्रा के इच्छुक लोग पेइचिंग में भारतीय द्रतावास या शंघाई और गुआंगझो में भारतीय महावाणिज्य द्रतावास से सम्पर्क कर सकते हैं उत्तरकाशी कोरोना वायरस उत्तरकाशी में कोरोना वायरस को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को कोरोना वायरस से बचाव के बारे में सभी जानकारियां एमवाईसी आशा कार्यकत्रियों एएनएम आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के जरिए ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों में प्रचारित करवाने के निर्देश दिये इसके अलावा सभी विद्यालयों में प्रधानाचार्य और अध्यापकों के माध्यम से प्रार्थना के दौरान कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी छात्र छात्राओं को देने को भी कहा गया है लोकसभा संसद के दोनों सदनों में आज नागरिकता संशोधन कानून राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस डीएमके सहित कुछ विपक्षी दल सदन के वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे तो स्पीकर ने कहा कि सभी सदस्य अपने मुद्दों को धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उठा सकते हैं बावजूद इसके विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा इसके बाद लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई वहीं राज्यसभा में तमाम विपक्षी दलों की ओर से सीएए और एनआरसी पर हंगामे के चलते सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तराखण्ड आए कर्नाटक पुलिस के एक दल ने पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी से मुलाकात की

महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था अशोक कमार ने बताया कि गृह मंत्रालय ने देश की भाषाई सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता में एकता बनाने के उद्देश्य से एक भारत और श्रेष्ठ भारत की पहल की है इसके अन्तर्गत एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्यों में जाकर वहां की पुलिसिंग का अध्ययन करेंगी कर्नाटक पुलिस के दल ने बताया कि उत्तराखण्ड पुलिस के जवान जनता के साथ काफी मित्रता और विनम्रता से पेश आते हैं बंशीधर भगत चंपावत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने को कहा है

राज्यपाल एनसीसी कैडेट राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि राज्य के एनसीसी कैंडेटों को रिस्पना नदी के प्नर्जीवीकरण के अभियान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए उन्होंने कहा कि एनसीसी कैंडैट राज्य में आपदाओं के दौरान भी बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं राज्यपाल ने राजभवन में गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर परेड में भाग लेने वाले उत्तराखण्ड के एनसीसी कैडटों को सम्मानित किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनसीसी सिर्फ सेना के लिये ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि युवाओं को प्रेरणा देने और समाज में किसी भी विषम परिस्थिति में योगदान देने में भी सबसे आगे रहता है उन्होंने कहा कि एनसीसी कैंडटों को पर्यावरण संरक्षण और जल संचय जैसे कार्यक्रमों में भी पूरी सक्रियता से प्रतिभाग करना होगा इस अवसर पर अपर महानिदेशक सुधीर बहल ने कहा कि उत्तराखण्ड के एनसीसी कैडटों ने सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए देशभर में छठा स्थान प्राप्त किया है

आपदा प्रबंधन उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भवन निर्माण और आपदारोधी तकनीक के इस्तेमाल को लेकर देहरादून में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया इसका उद्देश्य राज्य में इस तरह के भवन निर्माण को बढ़ावा देना है जिससे आपदा के समय कम से कम नुकसान हो साथ ही नई इमारतें भूकंपरोधी बनें कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन में आता है आपदा की सूरत में नुकसान कम से कम करने के लिए हमें भूकंपरोधी इमारतें बनाने पर जोर देना चाहिए कार्यक्रम में मेयर सुनील उनियाल गामा आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमित नेगी उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिद्विम अग्रवाल के साथ आईआईटी रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के अधिकारी मौजूद थे रेखा आर्य महिला बाल विकास और पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने पहाड़ी जिलों में पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करने वाली महिलाओं को स्कूटी बांटी पशु सेवक सेविकाओं के जरिये ही कृत्रिम गर्भाधान की योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है इसके लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है हल्द्वानी में पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में मौजूद मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि इस सेवा से पशुपालकों को काफी सुविधा मिल रही है

साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर कृत्रिम गर्भाधान करने वाली महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी की गई

साथ ही दूध एकत्र करने का काम भी किया जा रहा है आजीविका केंद्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गोपेश्वर नगर पालिका ने नई पहल शुरू की है नगर पालिका ने आजीविका केंद्र शुरू किया है यहां महिलाओं को सिलाई मशरूम उत्पादन अगरबत्ती बनाने जैसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि वे इसके जरिये अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें राज्य में पहली बार नगर पालिका की ओर से इस तरह का प्रयास किया गया है आजीविका केंद्र से जुड़कर स्थानीय महिलाएं अपना खुद का लघु उद्योग शुरू कर सकती हैं गोपेश्वर नगर पालिका हर वार्ड में इस तरह के आजीविका केंद्र शुरू करने की योजना पर काम कर रही है इससे स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा बागवानी घर के आंगन में बागवानी की जगह न हो तो छत का इस्तेमाल किया जा सकता है पिथौरागढ़ के एक व्यक्ति का रूफ टॉप गार्डन आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है छोटी सी छत पर बने बगीचे में साल भर के इस्तेमाल लायक सब्जियां उग जाती हैं पिथौरागढ़ में डीडीओ रहे जेसी पंत रिटायरमेंट के बाद अपनी छत के बगीचे में मौसमी सब्जियां उगा रहे हैं इस बगीचे में धनिया राई मूली मेथी लहसुन हल्दी अदरख प्याज का उत्पादन तो होता ही है साथ ही फूल और जड़ी बूटियां भी उगाई गई हैं